प्रदेश में महामारी का रूप ले रहे डेंगू के मरीजों की संख्या तीन हजार के पार कर गयी है पटना के पीएमसीएच में ही अब तक दो हजार पच्चीस मरीजों में बीमारी की पुष्टि हो चुकी है अन्य निजी अस्पतालों में भी डेंगू के मरीजों का इलाज हो रहा है पटना के अलावा गया औरंगाबाद जहानाबाद नवादा नालंदा पूर्णिया भागलपुर और कई अन्य जिलों में भी डेंगू के सैकड़ों मामले प्रकाश में आये हैं कल पीएमसीएच में एक सौ साठ मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है

सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के मामले में पेंशन और वेतन नहीं देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को बहाल रखा है कोर्ट ने कहा कि वेतन का अधिकार आवश्यक रूप से एक कानूनी अधिकार है जो वैध नियुक्तियों से पैदा होता है पीठ ने कहा कि इस मामले में नियुक्तियां बिना स्वीकृत पदों बिना विज्ञापन निकाले और अन्य योग्य व्यक्तियों को मौका दिये बिना की गयी थी ये नियुक्तियां पीछे के दरवाजे से की गयी जो भाई भतीजावाद और पक्षपात का नतीजा है गौरतलब है कि वर्ष उन्नीस सौ अस्सी से नब्बे के बीच नियमों को ताक पर रखकर स्वास्थ्य विभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की बड़े पैमाने पर नियूक्तियां की गयी थीं जिन्हें बाद में सेवा से हटा दिया गया था भीम एप के माध्यम से भुगतान की सीमा बीस हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये कर दी गयी है साथ ही अब इस एप के माध्यम से एक व्यक्ति अपने एक से अधिक बैंक खातों को जोड़ सकता है केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भीम एप के उन्नत संस्करण भीम टू का लोकार्पण किया उन्होंने बताया कि इस एप के द्वारा अब बिजली बिल पानी का बिल बीमा का प्रीमियम और मोबाईल बिल का भी भुगतान किया जा सकेगा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रदेश के स्कूलों की जांच के लिए पन्द्रह नवम्बर से महाअभियान की शुरूआत कर रहा है इसमें हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों का छप्पन जबकि प्रारंभिक विद्यालयों का चालीस बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा साथ ही छात्र और शिक्षकों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की भी समीक्षा की जायेगी प्रदेश में मूल्यांकन की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को सौंपी गयी है सगुनोत्सव नाम से शुरू की गयी इस योजना का उद्देश्य विद्यालयों की क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार उसकी ग्रेडिंग करना है दस बैंकों के विलय के विरोध और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में देश भर के बैंक कर्मी आज हड़ताल पर रहेंगे कल नई दिल्ली में केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त और बैंककर्मियों के विभिन्न संगठनों के बीच वार्ता के विफल होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में आज रात से ट्रकों के परिचालन पर रोक लगाने का फैसला किया है एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर सिंह ने बताया कि नये परिवहन कानून के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि जब तक राज्य सरकार वापस नहीं लेती है तब तक ट्रकों का चक्का जाम रहेगा पटना के बेऊर जेल में बंद मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को भागलपुर जेल भेजा जायेगा जेल आईजी मिथिलेश कुमार मिश्र ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है विधायक अनंत सिंह एके सैंतालीस रायफल बरामदगी मामले में अभी बेऊर जेल में बंद हैं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने प्रदेश में बालू खनन के लिए नदी घाटों की नीलामी प्रक्रिया पर लगी रोक को हटा लिया है मामले की अगली सुनवाई सत्ताईस नवम्बर को होगी मौसम विभाग ने पटना सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाये रहने और हल्की ब्रंदाबांदी की संभावना जतायी है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण तटीय इलाके में निम्न दबाव के कारण साईक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से मौसम के रूख में परिवर्तन हो रहा है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि चौबीस अक्टूबर से प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है दीपावली और छठ को देखते हुए रेलवे आठ जोड़ी और विशेष ट्रेनों का परिचालन करेगा नई दिल्ली और आनंद विहार से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए सात जोड़ी और गया से भुवनेश्वर के लिए एक जोड़ी ट्रेन का परिचालन होगा वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने नौ जोड़ी ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि ग्यारह नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है पहले यह तिथि उन्नीस अक्टूबर तक निर्धारित थी पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चन्द्रशेखर वर्मा के विरूद्ध चल रहे मामलों में आज आरोपों का गठन होगा बेगूसराय स्थित एक अदालत में इन दोनों के खिलाफ आरोप गठित किये जायेंगे सीबीआई की छापेमारी के दौरान इनके चेरिया बरियारपुर आवास से कारतूस की बरामदगी की गयी थी मधुबनी जिले के अंधराठाढ़ी प्रखंड की ननौर हरना और हड़री पंचायत के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नवीन कुमार पाठक को सूखा राशन वितरण में गड़बड़ी करने के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है मोतिहारी मुफ्फसिल थाना क्षेत्र स्थित एक बालिका गृह से देर शाम चार लड़कियां फरार हो गयी इनमें से एक को बरामद कर लिया गया है अन्य की तलाश चल रही है भोजपुर और पटना के चर्चित दुष्कर्म मामले के अनुसंधान में आरा स्थित अदालत ने पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट प्रत्येक दिन सौंपने को कहा है इस मामले में फरार चल रहे राजद विधायक अरूण यादव की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर भी कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी है पटना के राजेन्द्र मेहता पथ स्थित एक टीवी कंपनी के गोदाम से अपराधियों ने गार्ड और चालक को बंधक बनाकर पचास लाख रूपये के टीवी लूट लिये बेगूसराय जिले के फुलवरिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक और पिकअप वैन की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र स्थित एक पेट्रोल पम्प के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी और दो लाख रूपये लूट लिये पश्चिम चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र अंतर्गत दहवा पीएचसी के स्वास्थ्य प्रबंधक सहित चार कर्मियों को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया है जमुई से पुलिस ने नक्सलियों को हथियार उपलब्ध कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने फारबिसगंज स्थित लायंस नेत्रालय के आधुनिकीकरण के लिए सांसद विकास निधि से पचास लाख रूपये देने की घोषणा की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव तथा प्रदेश में एक लोकसभा और पांच विधानसभा क्षेत्र में सम्पन्न हुए उपचुनाव से जुड़ी खबरें आज के सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सुर्खी है हिन्दुस्तान ने मतदान के बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा जारी एक्जिट पोल को प्रमुखता देते हुए लिखा है हरियाणा महाराष्ट्र में भाजपा सरकार के संकेत दैनिक जागरण की सुर्खी है समस्तीपुर लोकसभा सीट पर पैंतालीस और पांच विधानसभा सीटों पर पचास फीसदी हुआ मतदान दैनिक भास्कर लिखता है सेना में भर्ती के नाम पर बयालीस अभ्यर्थियों से दो करोड़ रूपये ठगी के मामले में पटना से दो जवान गिरफ्तार राष्ट्रीय सहारा ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है दैनिक आज की सुर्खी है अब भीम एप भोजपुरी में भी उपलब्ध और अब अंत में मुख्य समाचार प्रदेश में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर तीन हजार से अधिक हुई